इस वर्ष फरवरी में अंतरिम बजट में असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों और मजदूरों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की घोषणा की गई थी आपका इस योजना से आप ही आप के सहायक बन गए हैं और मोदी सरकार सहायक के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ खडी है जो लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे उनमें साठ वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रूपए की नियमित मासिक पेंशन तय है मतलब साल भर में करीब करीब चालीस हजार इस योजना से असंगठित क्षेत्र के दस करोड़ कार्मिक लाभान्वित होंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद के इतिहास की यह पहली योजना है जिसने समाज के उस वर्ग को छुआ है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लाभार्थियों को पेंशन कार्ड भी वितरित किए इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने गरीबों और श्रमिकों के लिए किफायती स्वास्थ्य देखभाल और बीमा संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की है श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार किसानों और श्रमिकों को सशक्त बनाने के प्रति वचनबद्ध है जबकि विपक्ष का एकमात्र एजेंडा इस सरकार को हटाने का है उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के एनेक्सी भवन में श्रमयोगी मानधन योजना का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने सौ से ज्यादा कल्याणकारी योजनायें प्रारम्भ की हैं सभी योजनाओं का उददेष्य गांव गरीब और वंचित लोगों के जीवन में ख्रषहाली लाना है प्रधानमंत्री के मन में गरीब के प्रति विषेश संवेदना है क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा षुरू की गयी विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत प्रदेष में अब तक अस्सी हजार श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है प्रदेष के अन्य जिलों में भी केन्द्र और प्रदेष सरकार के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इस योजना का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से अपील की है कि वह रोजमर्रा के कार्यों के दौरान खुद की क्षमता को पहचानें और उसे इस तरह से विकसित करें कि वह रोजगार का माध्यम बन जाए केन्द्र सरकार की कौषल विकास योजना उनकी क्षमता को विकसित करने के लिये तत्पर है मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में एक कौषल विकास प्रषिक्षण केन्द्र के उदघाटन कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि देष की साठ प्रतिषत आबादी युवाओं की है और इतनी बड़ी आबादी को रोजगार देना कौषल विकास योजना के कार्यान्वयन से ही सम्भव हो रहा है इस अवसर पर प्रदेष के कौषल विकास मंत्री चेतन चौहान भी मौजूद रहे सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने लोगो से सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्ण इस्तेमाल करने की अपील की है आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में श्री राठौड़ ने कहा कि भारत का प्रत्येक नागरिक देश का सैनिक है और उन्हें सोशल मीडिया का बड़ी सतर्कता से इस्तेमाल करना होगा क्योंकि यह सबसे तेज खबरें देने वाला मीडिया है श्री राठौर ने कहा एफएम रेडियो का अपना एक अलग एक खासियत होती है

अगर आप ध्यान दें तो खबरें भी आजकल लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं कि मेरे आसपास के क्षेत्र की खबर क्या है उसके बाद राष्ट्र की जानना चाहते है कि और उसके बाद देश विदेश की खबरें जानना चाहते हैं तो एफएम स्टेशन ने अब लोकल एरिया को जो इंपोटेंस दी है वो आज तक किसी और रेडियो स्टेशन में नहीं हो पाई और इसी कारण से एफएम बहत पॉपुलर हो गया है एक प्रश्न के उत्तर में श्री राठौड़ ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तब तक बातचीत शुरू नहीं होगी जब तक वह आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता राश्ट्रीय लोकदल आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेष यादव और राश्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज लखनऊ में संवाददाताओं को इस बात की जानकारी दी राश्ट्रीय लोकदल के सपा बसपा गठबंधन में षामिल होने की घोशणा करते हये दोनों नेताओं ने बताया कि राश्ट्रीय लोकदल आगामी लोकसभा चुनाव में तीन सीटों पर अपने प्रत्याषी खड़ा करेगा गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी सैंतीस सीटों पर और बहुजन समाज पार्टी अड़तिस सीटों पर अपने प्रत्याषी खड़ा करेगी प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम कुंभ दो हजार उन्नीस संपन्न हो गया महाशिवरात्रि के अवसर पर कल एक करोड़ से अधिक श्रद्वालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई